चालीस लाख युवाओं को रोजगार से जोड़ा गया मुख्यमंत्री ने शिक्षण संस्थानों से नवाचार पर ध्यान केन्द्रित करने का आह्वान किया महाशिवरात्रि पर्व आज प्रदेश भर में श्रद्धा और धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है प्रदेश के पश्चिमी अंचलों में कल रात से बूंदाबांदी और बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गयी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध करा रही है मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले ढाई वर्ष के कार्यकाल में राज्य में ढाई लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी दी गयी है उन्होंने कहा कि चालीस लाख से ज्यादा युवाओं को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार से जोड़ा गया है श्री योगी कल गोरखपुर में गीडा के गैलेंट इस्पात द्वारा गोद लिए गए बसिया और लुचई गांवों में विकास कार्यो का लोकार्पण करने के बाद लोगों को संबोधित कर रहे थे मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार य्वाओं के लिए औद्योगिक इकाइयों में प्रशिक्षण के लिए नयी योजना लेकर आयी है इसमें युवाओं को प्रशिक्षण के साथ साथ ढाई हजार रूपये मासिक भत्ता दिया जाएगा उन्होंने कहा कि इस वर्ष के बजट में प्रत्येक जिले में युवा हब बनाने का प्रावधान किया गया है

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में ढांचागत सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में तेजी से कार्य कर रही है उन्होंने कहा कि प्रदेश में एक्सप्रेस वे मेट्रो रेल हवाई अड्डों मेडिकल कॉलेजों विश्वविद्यालयों और पेयजल सुविघाओं का विस्तार किया जा रहा है मुख्यमंत्री ने कहा कि गांवों का विकास राज्य सरकार की प्राथमिकता में है श्री योगी ने कहा कि ग्राम सभाओं को विकास कार्यों के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराया जा रहा है इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उद्योग जगत से जनकल्याणकारी कार्यों में योगदान देने का भी आह्वान किया उन्होंने कहा कि जन सहभागिता से प्रदेश में विकास कार्यों को और गति दी जा सकती है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के शिक्षण संस्थानों से नवाचार पर बल देने का आहवान किया है मुख्यमंत्री ने कल गोरखपुर में मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में नवनिर्मित सुविधाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद अपने संबोधन में कहा कि रिक्षण और प्रशिक्षण संस्थानों को ऐसे नवाचारों पर काम करना चाहिए जो समाज के लिए उपयोगी हों मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरों में कूड़ा निस्तारण आज के समय की बड़ी समस्याओं में से एक है उन्होंने कहा कि नवाचार के माध्यम से इस दिशा में उपाय किए जा सकते हैं श्री योगी ने कहा कि काशी में वर्षा जल संचयन का एक बेहतर मॉडल प्रस्तुत किया गया है जिसे प्रदेश के सभी जिलों में लागू किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आगामी रविवार को देश और विदेश के लोगों के साथ आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साज्ञा करेंगे श्री मोदी ने एक ट्वीट संदेश में लोगों से उन विषयों पर विचार भेजने का आग्रह किया है जिन पर उनको चर्चा करनी चाहिये लोग एक आठ शुन्य शुन्य एक एक सात आठ शुन्य शुन्य डायल कर के अपने संदेश रिकार्ड करा सकते हैं वे नमो ऐप ओपन फोरम या माइ जी ओ वी डॉट इन पर भी लिख सकते हैं वे एक नौ दो दो पर मिस्ड कॉल के जरिए भी सुझाव दे सकते हैं

इनमें न्यास के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास और महासचिव चम्पत राय शामिल थे केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अनुच्छेद तीन सौ इकहत्तर को कोई भी समाप्त नहीं कर सकता है और न ही सरकार का ऐसा करने का इरादा है वे कल अरुणाचल प्रदेश के चौतीसवें स्थापना दिवस के अवसर पर ईटानगर में आयोजित समारोह में बोल रहे थे उन्होंने कहा कि पिछले साल अगस्त में जब अनुच्छेद तीन सौ सत्तर हटाया गया तब अफवाह फैलाई गई कि अनुच्छेद तीन सौ इकहत्तर भी हटा दिया जाएगा श्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि सम्पूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र समस्याओं से मुक्त रहे उन्होंने कहा कि दो हजार चौदह से पहले पूर्वोत्तर क्षेत्र भौगोलिक और प्रशासनिक रूप से भारत से जुड़ा था लेकिन श्री मोदी के सत्ता में आने के बाद यह क्षेत्र भारत के हृदय के साथ जुड़ गया अमरीका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप अपनी पहली भारत यात्रा सोमवार को अहमदाबाद से शुरू करेंगे हमारे संवाददाता ने बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एक रोड़ शो में हिस्सा लेंगे अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चौबीस फरवरी को अहमदाबाद में एक भव्य रोड शो में भाग लेंगे

अनुमान लगाया जा रहा है कि बाईस किलोमीटर लंबे रास्ते में एक लाख से भी अधिक लोग राष्ट्रपति ट्रंप का स्वागत करेंगे रोड शो के मार्ग पर अट्ठाईस मंच बनाए गए हैं जिन पर भारत के विभिन्न प्रदेशों से आए कलाकार सांस्कृतिक कार्यक्रम संगीत और नृत्य पेश करेंगे कृछ मंचों पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन के बारे में प्रदर्शिनी भी लगाई गई है अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप के दो दिवसीय दौरे का यह पहला दिन होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमरीकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के बीच इस महीने की पच्चीस तारीख को विस्तार से वार्ता होगी जिसमें रक्षा और व्यापार समेत कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आपसी सहयोग और मजबुत करने पर विचार किया जाएगा पत्रकारों से नई दिल्ली में बातचीत के दौरान विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला ने यह जानकारी दी प्रदेशभर में महाशिवरात्रि का पर्व आज श्रद्वा और धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है राज्य के शिवालयों में श्रद्वालु ब्रम्हमुहूर्त से देवाधिदेव भगवान महादेव का जलामिषेक कर रहे हैं वाराणसी लखनऊ अयोध्या प्रयागराज मथुरा और चित्रकूट में शिवनंदिरों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गये हैं हमारे लखनऊ संवाददाता की एक रिपोर्ट बड़े सवेरे से ही प्रदेश भर में शिव मंदिरों के पर हर हर महादेव का जाप करते हुए भर्तों की भारी भीड़ लगी हुए हैं

हुआ है यहां श्रद्वालु कत से ही पहुंचने तगे थे मारी मीड़ को रेखते हुए यहां यातायाात मार्गों में परिवर्त किया गया है विभिन्न स्थानों पर सुखा के बीच शिव बारात औं का आयोजन किया जा रहा है प्रयागराज में लाखों श्रद्धाल गंगा यमना और अदृश्य सरस्वक्ती के संगम तट पर पवित्र डुबकी लगा रहे है प्रयागराज में महाशिवरात्रि का स्नान महीने भर चलने वाल माघ मेले का अंतिम स्नान होता है वाराणसी में तीन दिवसीय महाशिवरात्रि महोत्सव का आयोजन किया गया है प्रदेश के पर्यटन संस्कृति और धर्मार्थ कार्य राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर नीलकण्ठ तिवारी ने कल गंगा तट के राजघाट पर बाईस फरवरी तक चलने वाले महोत्सव का दीप जलाकर श्भारम्भ किया राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को महाशिवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन एस पी एम आर एम के श्भारंभ की चौथी वर्षगांठ आज मनाई जा रही है इक्कीस फरवरी दो हजार सोलह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण क्षेत्रों में आधारमृत विकास को मजबूत करने के लिए इस मिशन की शुरुआत की थी मिशन का उद्देश्य आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना और ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सेवाओं को नियोजित कर उन्हें रुर्बन क्लस्टर बनाकर इन समूहों को बदलना है एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत हम आपको उत्तर प्रदेश के जोड़ीदार राज्य मेघालय की खूबियों से रूबरू करा रहे हैं अट्ठाइस फरवरी तक चलने वाले इस अभियान का उददेश्य लोगों को एक दूसरे राज्य की विशेषताओं से परिचय कराकर राष्ट्र में एकता की भावना को और दृढ़ करना है मेघातय की एक विशेषता यह भी है कि यहां देश के अन्य राज्यों से अलग मातवंशीय प्रणाली चलती है परिवार की सबसे छोटी बेटी अपने माता पिता की देखमाल करती है तथा उसे ही उनकी पूरी सम्पत्ति मिलती है परिवार में कोई पुत्री न होने की स्थिति में खासी और जयन्तिया समुदायों में परिवार किसी अन्य परिवार की कन्या को दत्तक बनाकर अपना लेता है और इस तरह वह बेटी परिवार की मुखिया बन जाती है

प्रदेश के पश्चिमी अंचलों में कल रात से बूंदाबांदी और बारिश होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गयी है सम्भल बागपत और पीलीभीत में गरज चमक के साथ बूंदाबादी हुई मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के सहारनपुर मेरठ मुरादाबाद प्रयागराज फतेहपुर लखनऊ सीतापुर अमेठी अयोध्या सुल्तानपुर और बस्ती जनपदों में गरज चमक के साथ हत्की वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है